प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है नमो एप के जरिये आज देश भर के स्टार्टअप उद्यमियों और नवसूजन करने वाले युवाओं से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि स्टार्टअप कम्पनियां अब बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई हैं बल्कि छोटे शहर कस्बे और गांव भी अब स्टार्टअप कम्पनियों के जीवंत केन्द्र के रूप में उभर रहे हैं पहले देखने को मिलता था कि ज्यादातर स्टार्टअप टायर वन सिटीज में यानि स्टेट कैपिटल्स में केंद्रित रहते थे हमने इसे टायर टू और टायर थ्री सिटीज तक ले जाने का प्रयास किया ताकि लोकल इनोवेशन को बल मिले प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मेक इन इंडिया के साथ साथ डिजाइन इन इंडिया भी स्टार्टअप कम्पनियों के लिए बहुत जरूरी है उन्होंने कहा कि स्टार्टअप क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए पर्याप्त पूंजी हौसले और लोगों को जोड़ने की जरूरत है श्री मोदी ने कहा कि एक जमाना था जब स्टार्टअप का मतलब था डिजिटल और टैक्नोलोजी संबंधी नवसूजन मगर आज हालात बदल गए हैं और कृषि समेत अन्य विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप देखे जा सकते हैं

हमने कृषि मंत्रालय के माध्यम से एग्रीकल्चर ग्रांड चनल शुरू किया ताकि कृ षि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टार्टअप और इनोवेटर्स जो है उनको प्रोत्साहन मिले बिजनेस प्लान से लेकर फंडिंग तक स्टार्टअप को दिक्कत न आए इसके लिए स्टार्टअप इंडिया हब बनाया गया है

स्टार्टअप कम्पनियों के लिए धन की उपलब्धता का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने इसके लिए दस हजार करोड़ रूपये की निधि बनाई है दस हजार करोड़ रूपये का यह फंड ऑफ फंडस मैच्युरिटी वर्कस स्टार्टअप के निवेश के लिए लगभग एक लाख करोड़ रूपये की धनराशि उपलब्ध कराएगा सरकार की यह पहल यह इनिशिएटिव स्टार्टअप के लिए जरूरी वैंचर फंडिंग में एक बहुत बड़ा योगदान है आर्थिक मामलों से संबंधित कैबिनेट समिति ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए मिलो को आठ हजार पांच सौ करोड़ रूपये से अधिक की राशि मंजूर की है इस राशि में से चार हजार पांच सौ करोड़ रूपये कम ब्याज के ऋण के रूप में दिये जा रहे हैं ताकि चीनी मिलो में एथेनाल उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जा सके दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने बताया कि नई एथेनाल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये दिये जा रहे ऋण पर एक हजार तीन सौ बत्तीस करोड़ रूपये का जो ब्याज होगा उसे सरकार वहन करेगी उन्होंने बताया कि सफेद चोनी और रिफाइंड चीनी की न्यूनतम बिक्री दर फिलहाल उन्तीस रूपये किलो तय की गई है चीनी मिले गन्ना किसानों को उनका भुगतान नहीं कर पा रही है क्योंकि वर्ष दो हजार सत्रह अट्ठारह के दौरान तीन करोड़ सोलह लाख टन के रिकार्ड उत्पादन के बाद बाजार में चीनी की कीमतों में कमी आने से मिलो की वित्तीय स्थिति खराब हुई ह केन्द्र द्वारा गन्ना मिल मालिकों को गन्ना किसानों के लिए पैकेज की घोषणा के बाद गन्ना किसानों में खशी का माहौल है मेरठ के किसानों का कहना है कि पहली बार देश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने उन्हें इतनी बड़ी राहत दी है किसानों को आशा है कि इस पैकेज से चीनी मिल अब जल्द ही उनका भुगतान करेंगे किसानों का भुगतान होने से गन्ने का क्षेत्रफल और उसकी पैदावार में भी बढ़ोत्तरो होगी

प्रदेश सरकार पर्यावरण सरंक्षण के लिए हरीतिमा अभियान जैसे कार्यक्रम शुरू करन के साथ ही वृक्षारोपण में आम जनता का भी सहयोग ले रही है प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री उपेन्द्र तिवारी ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि सरकार ने चिकित्सकों से विशेष तौर पर इस अभियान से जुड़ने की अपील की है बाइट जिस तरीके से लोगों के घर में बच्चे पैदा होते हैं और बच्चे की परवरिश करने के लिए पूरा परिवार संगठित होकर बच्चे की परवरिश करते है

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विद्यालयों में स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण से जोडने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं बाइट विद्यालयों को भी जोड़ा गया है प्राथमिक विद्यालय से लेकर माध्ययिमक विद्यालय में बच्चे पढत है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

प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए सभी जनपदों में एंटी पावर थेफ्ट थानों की स्थापना की जायेगी इस बात का निर्णय कल मुख्यमत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया इन थानों के स्थापना होने के बाद बिजली चारी संबंधी अभियोग पंजीकृत कराने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयां दूर हो जायेंगी तथा पंजीकृत अपराधों की विवेचना की प्रभावी ढंग से पैरवी हो सकेगी साथ ही शमन शुल्क के रूप में राजस्व में भी वृद्धि होगी

मंत्रिपरिषद की बैठक में मथुरा जनपद क बरसाना गोकुल गोवधन नन्दगांव राधाक्ण्ड तथा बलदेव धार्मिक स्थलों को मद्य निषेध क्षेत्र घोषित करने का भी फैसला लिया गया वृंदावन और बरसाना को सरकार ने पिछले वर्ष ही पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया था शेष अन्य क्षेत्रों को इस वर्ष मार्च माह में पवित्र तीर्थस्थल घोषित कर दिया गया मद्य निषेध क्षेत्र घोषित होने पर देशी मदिरा विदेशी मदिरा और बीयर की सभी दुकानें उस क्षेत्र से बाहर कराई गई इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति सहित अन्य प्रस्तावों को भी मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दी गई आर्थिक मामलों की केन्द्रीय कैबिनेट समिति ने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास फाफामऊ में गंगा नदी पर सम्पर्क सड़क के साथ छह लेन के नये पुल के निर्माण को मंजूरी दी है इसकी कुल लम्बाई दस किलोमीटर होगी

कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस पुल के बनने से कुंभ अर्द्व कुंभ और अन्य अवसरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को इलाहाबाद में संगम पर स्नान के लिये जाने में सुविधा होगी